इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भाजपा के वरिष्ठ नेता अन्य पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बडी संख्या में आम लोग मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपतिं कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें सुषमा स्वराज के निधन के समाचार से गहरा धक्का लगा है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा स्वराज श्रेष्ठ प्रशासक विलक्षण सांसद और ओजस्वी वक्ता थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति के एक गौरवमय अध्याय का अंत हो गया है गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व विदेशमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से न केवल भाजपा को बल्कि पूरे राजनीतिक जगत को नुकसान हआ है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 सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत नेता के निधन पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्रीमती स्वराज के निधन पर संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि स्वराज कुशल साहसी दूरदर्शी और मानवीय नेता थीं श्री गहलोत ने ट्वीट किया कि सुषमा स्वराज के असामयिक निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है श्री पायलट ने कहा कि सुषमा स्वराज एक योग्य प्रशासक कुशल वक्ता और एक अच्छी इंसान थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वे एक ओजस्वी वक्ता और ऊर्जावान नेता थी भाजपा नेता सतीश पूनिया ने श्रीमती स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने जिस वक्त राजनीति में प्रवेश किया तब कम संख्या में महिलाएं राजनीति में आती थीं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

सरकार ने राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक आज वापस ले लिया पहले इसे लोकसभा से वापस लिया गया था

रेपो दर पौने छह प्रतिशत से घटाकर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है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 रिजर्व बैंक ने तीसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति जारी करते हुए ये घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड्स ट्रांसफर नेफ्ट की सुविधा चौबीसों घंटे जारी करने की घोषणा की है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

यह सीट भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के कारण खाली हई है

विधानसभा सचिव प्रमिल माथुर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है

श्री लाटा की अध्यक्षता में नगर निगम के अधिकारियों और अमेरिकी दूतावास अधिकारियों तथा शहरी विकास डिजाईन के अमेरिकी विशेषज्ञों के साथ बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया गया इस दौरान शहर के प्रद्षण और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर भी चर्चा की गई

चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने विभाग में सभी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल स्थान पर भेजे जाने के निर्देश दिए हैं यह आदेश संविदा कार्मिकों के लिए भी लागू होगा

उधर झालावाड़ जिले में कालीसिंध बांध के गेट खोलकर आज भी अंतिरिक्त पानी की निकासी की गई